नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राज्य के मुख्य सचिव को प्रदेश की सभी शृष्क नदियों की स्थिति की समीक्षा करने के दिये निर्देश प्रदेश में कल कई स्थानों पर आंधी के साथ हल्की ब्रंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मौसम विभाग के अनुसार आज कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश के आसार अलवर जिले के थानागाजी सामूहिक द्वष्कर्म मामले की जांच केस ऑफिसर स्कीम के तहत की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोंत ने कल जयपुर में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार की निगरानी के लिये पुलिस उपअधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी नियुक्त किया जायेगा इसके लिये नया पद सुजित किया जायेगा हर जिले में ऐसा अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जो महिलाओं पर होने वाले सभी अत्याचारों और उन मामलों में की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा श्री गहलोत ने कहा कि अब थाने में पहुंचने वाले पीडित की एफआईआर हर हाल में दर्ज की जायेगी

इसी संबंध में यह सभी निर्णय लिये गये है लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया

प्रचार के अंतिम दिन राजनैतिक दलों और निर्दलीयों ने प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा दी इस चरण में चार पूर्व मुख्यमंत्री और कुछ केन्द्रीय मंत्रियों समेत कई दिग्गज अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भोपाल सीट से मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तथा सोनीपत सीट से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के टिकट पर और उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आजमगढ सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं

रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि यह अज्ञात विमान उत्तरी ग्रजरात सेक्टर से भारतीय वायू सीमा में घुसा यह विमान किसी निर्धारित वायुमार्ग पर नहीं जा रहा था विमान तिबलिसी से कराची होते हुए दिल्ली की उड़ान पर था एयर इंडिया ने उड़ान के तीन घंटे पहले बची सीटों के किराये में भारी छूट की घोषणा की है एयर इंडिया ने आपात कारणों से अचानक विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए आखिरी क्षणों में टिकट खरीदने पर किराये में भारी रियायत देने की घोषणा की है विमान के उड़ान भरने से तीन घंटे पहले टिकट खरीदने वालों को बिक्री मूल्यो में चालीस प्रतिशत से अधिक की छूट दी जायेगी

रिश्वत लेते ही एसीबी अफसरों ने उप निरीक्षक से रिश्वत राशि भी बरामद कर ली इस मामले में थानाधिकारी और एक हेड कांस्टेबल की भूमिका भी सामने आई है मातृत्व वंदना योजना में झालावड जिले ने राज्य में दूसरा और कोटा संभाग में पहला स्थान प्राप्त किया है

इस योजना का उद्देश्य संस्थागत प्रसव को बढ़ाना देना है और माँ और बच्चे को भी टीकाकरण कर स्वस्थ रखना है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित पश्चिमी राजस्थान की जोजरी बांडी और लूणी नदी पर राज्य के मुख्य सचिव को राज्य की सभी शृष्क नदियों की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिये है ट्रिब्यूनल ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि इन नदियों में ठोस और तरल प्रदूषक तत्वों को प्रवाहित नहीं किया जाए

पुलिस महानिदेशक को ऐसी इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का प्रस्ताव साथ में लाने को कहा गया है एनजीटी के न्यायिक सदस्य रघुवेन्द्र एस राठौड़ और विशेषज्ञ सदस्य डॉ सत्यवान सिंह की खंडपीठ ने जोधपुर में टेक्सटाइल और स्टील री रोलिंग इकाइयों सहित सीवरेज से हो रहे प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आकलन करने को भी कहा है खंडपीठ ने कहा कि प्रदूषण के कारण जल संसाधनों को नुकसान पहुंचा है और इसका स्वास्थ्य और कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है परफॉरमेंस गारंटी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाने की जरूरत बताते हुए खंडपीठ ने राज्य के पर्यावरण सचिव को दो महीने में औद्योगिक अपशिष्टों और सीवरेज से पर्यावरण को हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के निर्देश देते हुए नुकसान का आकलन करने को भी कहा है झालावाड जिले के विश्व धरोहर जलदुर्ग गागरोन पर कल डाक विभाग द्वारा डाक टिकिट जारी किया गया जयपुर में कल से राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला शुरू हुआ

मेले में राज्य में उत्पादित मसालों के अलावा तमिलनाड् केरल और पंजाब राज्यों के विशिष्ट मसाले भी मिल रहे है

चैन्नई सुपरकिंग्स ने रिकॉर्ड आठवी बार आईपीएल के फाइनल में प्रवेश कर लिया है

शेन वाट्सन और ड् प्लेसिस ने अर्द्वशतक लगाये फाइनल कल चैन्नई सुपरकिंग्स और मुम्बई इंडियंस के बीच खेला जायेगा दोनो टीमें चौथी बार फाईनल में भिडेगी प्रदेश में कल कई स्थानों पर आंधी के साथ हल्की ब्रंदाबांदी से लोगों को गर्मी से राहत मिली है पाली में आधी रात को आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई

पेड गिरने और बिजली के खम्मे गिरने के भी समाचार मिले है जिले में आंधी के बाद रूक रूक कर हुई बरसात से बिजली की आपूर्ति में भी बाधा पहुंची जैसलमेर जिले के मोहनगढ और नाचना में तेज आंधी के साथ बरसात हुई रूपसी गांव में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम विभाग ने एक दर्जन से ज्यादा शहरों में तेज आधी के साथ बारिश होने की चेतावनी दी है